हिमाचल ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत प्रदेश को पर्याप्त धनराशि देने का केन्द्र से किया आग्रह प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने बूथ स्तर पर पार्टी की मजबूती पर दिया बल राज्य के अनेक भागों में हल्की वर्षा व ओलावृष्टि से लोगों को भीषण गर्मी से राहत रोहतांग दर्रे पर लगा पर्यटकों का तांता मुख्यमंत्री जर्मनी के राईनलैंड प्रांत के कृषि व पर्यटन मंत्री डॉक्टर वॉल्कर विसिंग ने हिमाचल में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश का भरोसा दिलाया है धर्मशाला में होने वाली इन्वेस्टर मीट को लेकर निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जर्मनी गए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ आज फ्रेंकफर्ट में एक भेंट में उन्होंने हिमाचल सरकार के साथ मिलकर कार्य करने में रूचि दिखाई मुख्यमंत्री ने उन्हें हिमाचल में कृषि पर्यटन परिवहन और अधोसंरचना क्षेत्रों में निवेश का न्यौता दिया उद्योगमंत्री बिक्रम सिंह और अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीकांत बालदी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मुख्यमंत्री के साथ थे महेन्द्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत प्रदेश को पर्याप्त धनराशि देने का केन्द्र से आग्रह किया है नई दिल्ली में आज केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि पेयजल व सिंचाई योजनाओं के निर्माण में पहाड़ी राज्यों के लिए मापदण्डों में छूट दी जानी चाहिए महेन्द्र सिंह ने परियोजनाओं की बेहतर निगरानी के लिए राष्ट्रीय जल आपूर्ति व सिंचाई प्राधिकरण के गठन का भी सुझाव दिया परिवहन मंत्री परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार बस अड्डों के आधुनिकीकरण पर जोर दे रही है

गोविंद ठाक्र ने इस मौके जन सुनवाई भी की

प्रदीप चौहान की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि यदि ये राशि जमा नहीं करवाई गई तो जमानत रद्द समझी जाएगी सुरेश भारद्वाज शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में अपनी हार को छुपाने के लिए इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को लेकर निराधार बयानबाजी कर रही है उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश पर चुनाव आयोग ने ईवीएम पर हुई वोटिंग का वीवीपैट से मिलान करवाया और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं निकली है इस बीच सांसद रामस्वरूप शर्मा ने भी कांग्रेस पार्टी को ईवीएम को लेकर निराधार बयानबाजी न करने की सलाह दी है सफाई आयोग राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयागे के अध्यक्ष मनहर वालजी भाई जाला ने केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने पर बल दिया है शिमला में आज अनुसूचित जाति व जनजाति विकास निगम के साथ एक समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि देश के संविधान में सभी वर्गों को समता का अधिकार प्रदान किया गया है किशन कपूर कांगड़ा से भाजपा सांसद ने कहा है कि चम्बा को विकास के क्षेत्र में अग्रणी जिला बनाया जाएगा चम्बा जिले के तीसा में आज एक जनसभा में उन्होंने भारी जनसमर्थन के लिए लोगों का आभार जताया किशन कपूर ने कहा कि जिले का पर्यटन की दृष्टि से विकास किया जाएगा बैंकर्ज समिति राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक आज शिमला में हुई बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अनिल कुमार ने की यूको बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एके गोयल ने बताया कि बैठक का उद्देश्य जीवन बीमा के दावों संबंधी मामलों का निपटारा और ऑनलाईन बैंकिंग के बारे में ग्राहकों में जागरूकता पैदा करना था

शिमला में आज भारत सरकार के उपक्रम रेल विकास निगम के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि इसके लिए एक अनुश्रवण समिति गठित की जाएगी जो हर महीने परियोजना की प्रगति की निगरानी करेगी

कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा है कि पार्टी बूथ स्तर पर बेहतर काम नहीं कर पाई जिसके कारण लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा शिमला में आज एक पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी अध्यक्ष राहल गांधी सहित हिमाचल में भी सभी बड़े नेताओं ने हार की जिम्मेदारी ली है रजनी पाटिल ने कहा कि देशभर में कांग्रेस पार्टी हार पर मंथन कर रही है और पार्टी को ब्रथ स्तर पर मजब्रत किया जाएगा

लाहौल स्पिति जिले के उंची चोटियों पर दोपहर बाद हल्का हिमपात जबकि अन्य क्षेत्रों में वर्षा हुई उधर कुल्लू जिले के मनाली मणिकर्ण व जलोड़ी में वर्षा के बाद हुए सुहावने मौसम का पर्यटकों ने खूब आनंद लिया राजधानी शिमला में भी शाम के समय हल्की ओलावृष्टि के साथ वर्षा हुई

रोहतांग लाहौल स्पिति का प्रवेश द्वार रोहतांग दर्रा इन दिनों पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है

रोहतांग दर्रे की ठण्डी वादियां पर्यटकों को गर्मी की तपिश से राहत पहुंचा रही है पर्यटकों का कहना है कि रोहतांग दर्रा उनके लिए स्वर्ग से कम नही है

कार्यालय के लेखाअधिकारी हरीश जुल्का ने जिले के सभी पैंशनरों और पैंशन संगठनों के पदाधिकारियों से अपनी समस्याओं के निपटारे के लिए पैंशन अदालत में भाग लेने का आग्रह किया है

ट्रैफिक जाम शिमला के उपायुक्त अमित कश्यप ने शिमला शहर में बढ़ती ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने के लिए पुलिस विभाग को यातायात पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं शिमला में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि शोधी से लेकर ढली तक सभी मुख्य मार्गों व स्थानों पर अतिरिक्त संख्या में पुलिस कर्मी तैनात किए जाएं उपायुक्त ने कहा कि चण्डीगढ़ से उपरी शिमला की ओर जाने वाले पर्यटकों को शोघी बाईपास से भेजा जाना चाहिए शिक्षा बोर्ड प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च महीने में ली गई जमा दो कक्षा की परीक्षा में जिन विद्यार्थियों का परिणाम आरएलडी रहा था उनका परिणाम आज घोषित कर दिया है परिणाम बोर्ड की वैबसाईट पर उपलब्ध है

कांगड़ा के सहायक आयुक्त मदन कुमार ने क्षेत्र के लोगों से फायरिंग अभ्यास की अवधि में फायरिंग रेंज से दूर रहने की अपील की है